केन्द्र ने राज्यों से सौ दिन के भीतर एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औद्यानिक फसलों और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है किसानों की आय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए अधिकारियों को दिये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं ये बैठक कल से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई अपने ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग के साथ उनकी बैठक उपयोगी रही प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देरा आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे शिष्टमंडल चर्चा के दौरान प्रघानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को समृद्ध बनाने के सभी पहलूओं पर चर्चा की उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि आपसी भागीदारी को और मजबूत बनाने में रणनीतिक संवाद की भूमिका सकारात्मक रहेगी वुहान में हमारी इन्फोरमल मीट के बाद हमारे संबंधों में एक नई गति और स्थायित्व देखने को मिला है

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि यह बैठक शानदार रही उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान भारत रूस संबंधों के विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की गई प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी का अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और एससीओ के अध्यक्ष सूरोनवो जेनेबकॉफ सहित विश्व के अन्य नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स सीएचएस की दो दिन की बैठक में भाग लेने के लिए कल सुबह बिश्केक पहुंचे थे प्रधानमंत्री श्री मोदी आज एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे जहां वे इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पन्द्रह तारीख को राष्ट्रपति भवन में होने वाली नीति आयोग की प्रबंध परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे इस बैठक में वर्षा जल संचयन सुखे की स्थितिऔर राहत उपाय आकांक्षी जिला कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा होगी केन्द्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट पूर्व अपनी तीसरी बैठक की इसमें पूंजी बाजार कित्तीय क्षेत्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वैकल्पिक निवेश कोष से जुड़े मुद्रों पर विचार विमर्श किया गया वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने भारतीय बाजारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े और क्षेत्रीय बैंकों में पूंजी निवेश के बारे में कई सुझाव दिए केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वीडियो काफ्रेंस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत की इस दौरान सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई नरेन्द्र सिंह तोमर ने लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया ताकि अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके हम सब लोगों को अभियान के रूप में काम करने की आवश्यकता है क्योंकि साढे चौदह करोड़ किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाम मिलना है तो कम से कम प्रथम चरण में हम दस करोड़ तक पहुंचे इस हिसाब से लक्ष्य तय करके हमको अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता होगी द्रसत्त विषय किसान क्रोडिट कार्ड का है बैंकों ने भी आश्वस्त किया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो पूरा पूरा सहयोग करेंगे उन्होंने अगले सौ दिनों के दौरान एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने के लिए ग्रामस्तर पर अभियान चलाने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औद्यानिक फसलों और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है मुख्यमंत्री लखनऊ में लोकभवन में उद्यान और खादय प्रसंस्करण विभाग के प्रस्तृतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लागू की जा रही सभी योजनओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय श्री योगी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की अधिक से अधिक स्थापना की जाय प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा ज्यादा से ज्यादा किसानों को आछादित किए जाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने पौध बीज उत्पादन के लिए ढांचागत विकास फल पुष्प और मसाला क्षेत्र विस्तार बागो के जीर्णोद्वार सेन्टर आफ़ एक्सीलेंस बागवानी में आध्निकता मानव संसाधन विकास तथा पोस्ट हार्येस्ट प्रबंधन की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आलू के सम्बंध में कार्ययोजना बनाकर तैयारी कर ली जाय जिससे किसानों और आलू उत्पादकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के अनन्तनाग जिले में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के पांच जवानों की शहादत पर नमन करते हए श्रद्वाजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले में शहीद होने वाले प्रदेश के दो शहीद जवानो सत्येन्द्र कुमार और महेश कुशवाहा को माकनीनी श्रद्वाजलि दी उन्होंने प्रत्येक शहीद के परिजनों को पच्चीस पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की भी घोषण की इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की स्मृति में उनके गृह जनपद में एक सड़क का नामकरण भी उनके नाम पर किया जायेग मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनआें को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये पत्रकारों से बातवीत करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कानपुर शहर में पहले की तरह चौबीस घंटे दिजली उपलब्ध हो केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन क्षियक दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलब कराना खैच्छिक कर दिया गया है विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राजनाथ सिंह सूर्य का कल लखनऊ में निधन हो गया वे बयासी वर्ष के थे विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे श्री सूर्य जाने माने स्तंभकार थे

प्रदेश में कई स्थानों पर आई आंधी और हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने और वाहनों के टकरा जाने से हुई घटनाओं में सोलह से अधिक लोगों की मौत हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसार इटावा में तापमान गिरकर चौवालिस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया